बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां सभी धार्मिक स्थल आज से दस दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं कल जिला कलक्टर की अध्यक्षता में धर्म ग्रूओं के साथ हई बैठक में इस निर्णय पर सहमति बनी

शहर के प्रमुख बाजारों में सभी धर्मो के प्रतिनिधि के रूप में आध्यात्मिक लोग मास्क का वितरण करेंगे साथ ही लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए जागरूक भी करेंगे

बैठक में जिला कलेक्टर ने धर्मग्रूओं के साथ धर्मस्थलों पर लोगों की मौजूदगी कम करने तथा अन्य उपायों पर चर्चा की

उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सभी को एक बार फिर पहले की तरह ही दो गज की दूरी रखने मास्क पहनने जैसे प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करनी होगी श्री गहलोत ने कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों सामाजिक कार्यकर्ताओं धर्म ग्रूओं सहित सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है

प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों सहाड़ा सुजानगढ़ और राजसमदं में उप चुनाव के तहत प्रचार जारी है केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज सुजानगढ़ के लोहिया स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का कार्यक्रम है वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में भी पार्टी के नेता प्रचार कर रहे हैं

पर्यटकों को अब मोबाइल एप से अलवर जिले के पर्यटन स्थलों मेलों और उत्सव के साथ साथ विभिन्न विभागों के टेलीफोन नंबर और ई मेल आईडी की जानकारी मिल सकेगी इस निःशुल्क एप के जरिये ट्यूरिस्ट अट्रेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करने पर चित्र सहित जानकारी मिलेगी साथ ही खुलने और बंद होने का समय जगन्नाथ पाण्ड्यपोल मेला और मत्स्य उत्सव की जानकारी भी मिल सकेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर भारत रत्न और देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है श्री गहलोत ने कहा कि देश में बांध बाढ़ सुरक्षा प्रणाली सिंचाई और जल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण मे उनका महत्वपूर्ण योगदान था

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं

इससे पश्चिमी क्षेत्र के बाड़मेर बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू जैसलमेर जोधपुर और नागौर जिलों कहीं कहीं मेघ गर्जन और आंधी के साथ अचानक तेज हवाए चलने की संभावना है

पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा विभाग के अनुसार जयपुर में आज आशिक रूप से बादल छाये रह सकते हैं